क्छ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ राज्य के लोगों को चारधाम और अन्य मंदिरों के दर्शन की अन्मति मिलेगी

चारधाम में यात्रा के दौरान हैंड सैनिटाइजर और मास्क के प्रयोग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा राज्य के किसी भी कंटेनमेंट और बफर जोन के निवासियों को किसी भी धाम में प्रवेश की अन्मित नहीं दी जाएगी मंदिरों में प्रसाद और चढ़ावा लाना और देवमूर्ति को स्पर्श करना वर्जित होगा यात्रा श्रू करने से पहले श्रद्धाल्ओं को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम् प्रबंधन बोर्ड की वर्तमान वेबसाइट बदरीनाथ केदारनाथ डॉट जीओवी डॉट इन पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा कोरोना वायरस के संक्रमण वाले व्यक्ति यात्रा नहीं कर पायेंगे

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बेट रिजर्व और राजाजी टाईगर रिजर्व में गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन का काम समय पर हो उन्होंने कहा कि राजाजी टाईगर रिजर्व के अंतर्गत चौरासी क्टिया का विकास इंटीग्रेटेड एप्रोच के आधार पर किया जाए इसकी कार्ययोजना में वन्यजीवन आध्यात्मिकता संस्कृति सहित सभी पहल्ओं का समावेश किया जाए बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत राष्ट्रीय स्रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मार्गों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अन्मति के लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को भेजे जाने पर सहमति दी गई बैठक में बताया गया कि कार्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व में बाघों और जंगली हाथियों की धारण क्षमता का अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान से कराने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो गया है गैण्डे के रिइन्ट्रोडक्शन के लिए साइट सूटेबिलिटी रिपोर्ट मिल गई है दिव्यांग सम्मानित राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि दिव्यांगता शारीरिक या मानसिक हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी दिव्यांगता समाज की उस सोच में होती है जो दिव्यांग जनों के प्रति हीन भाव रखती है राज्यपाल ने आगरा के जितेंद्र क्मार का उदाहरण देते हुए कहा कि दिव्यांग किसी से कम नहीं हैं उन्हें सही समय पर सही मदद मिल जाय तो वो भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं दरअसल आगरा के जितेंद्र कुमार ने एक द्र्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिये

अपनी दिव्यंगता से हार न मानते हए जितंद्र ई रिक्शा चलाकर आत्मनिर्भर बने लॉकडाउन के बाद उन्होंने फिर से ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है अपने आगरा प्रवास के दौरान राज्यपाल ने जितेंद्र को सम्मानित भी किया राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग थोड़ी मदद और प्रोत्साहन से अपना मार्ग ख्द बनाने में सक्षम हैं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं राजजात म्यूरल उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और विरासत को संजोने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा को म्यूरल के रूप में प्रदर्शित किया गया है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद अग्रवाल ने म्यूरल का लोकार्पण किया राजजात के सभी पड़ावों को म्यूरल के रूप में उकेरा गया है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड की खूबसूरती यहां की लोक संस्कृति में है समुद्ध और गौरवशाली संस्कृति का संरक्षण करने की जिम्मेदारी सबकी है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा और गढ़वाल क्माऊं की सांस्कृतिक विरासत श्रीनंदा राजजात अपने में कई रहस्य और रोमांच को संजोए है आपको बता दें कि मां नंदा देवी को उनके ससुराल भेजने की यात्रा है राजजात

राजजात गढ़वाल क्माऊं के सांस्कृतिक मिलन का भी प्रतीक है जगह जगह से डोलियां आकर इस यात्रा में शामिल होती हैं

हालांकि कांवड़ यात्रा परंपरागत रूप से शुरू नहीं हो पायेगा कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है की कावड़ मेला यूपी दिल्ली पंजाब और हरियाणा से ज्ड़ा है वहां की सरकारों से बात करके परंपरागत और व्यापक रूप से कांवड़ मेले पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वहां की सरकारें यहां से जल ले जाने के लिए अपनी समितियों को स्वीकृति प्रदान करेंगीं उन्हें जल भरने की अन्मति होगी लेकिन कांवड़ मेला अब प्राने रूप में नहीं हो पाएगा

लॉकडाउन के दौरान अवसाद के मामलों में और भी इजाफा हुआ है

उन्होंने कहा कि पूरे समाज को इस पर मंथन करने की जरूरत है सकारात्मक सोच से ही अवसाद से बचा जा सकता है

कोरोना सैंपलों की जांच रिपोर्ट के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इनेट मशीन से अब कोरोना संक्रमितों की जांच में तेजी लाएगी

यहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है और सैंपल लिए जा रहे हैं अभी तक सैंपल जांच के लिए अन्य स्थानों पर भेजे जा रहे थे

इस मशीन से कोरोना सैंपलों की जांच के लिए लैब टैक्निशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है

चमोली नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों टिहरी में कहीं कहीं बारिश हई देहरादून में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली राज्य में अधिकांश जगह बादल छाये रहे मौसम विभाग के म्ताबिक आज नैनीताल बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है